जयराम भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है वे आज शिमला ज़िले में रोहडू विधानसभा क्षेत्र के चिड़गांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को क्शल व मज़बूत नेतृत्व दिया है जिससे दुनियाभर में भारत की साख बढ़ी है उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है जयराम ठाक्र ने कहा कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल केवल अपने हितों की ही रक्षा करते हैं और लोगों के कल्याण के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है मुख्यमंत्री ने लोगों से शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप को भारी मतों से विजयी बनाने का आग्रह भी किया

पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत अंजर्राज्यीय सीमाओं को भी सील कर दिया गया है

मधुसूदन शर्मा ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न निरीक्षण दल अपना कार्य कर रहे हैं स्वीप कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है इसी कडी में ऊना की कुठार कलां पंचायत में आज मतदाता जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया ऊना के सरस्वती विद्या मंदिर रायपुर सहोड़ां में विद्यार्थियों को नारा लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूक किया गया इधर सिरमौर जिला के राजगढ़ में स्वीप रैली आयोजित की गई और इस दौरान तहसीलदार विवेक नेगी ने विद्यार्थियों को वोट के महत्व की जानकारी दी डीसी शिमला शिमला ज़िले में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए पहले से चिन्हित हैलीपैडों के अलावा कुछ अन्य स्थान भी निर्धारित किए गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने आज शिमला में बताया कि ये स्थल लिखित आवेदन पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे उन्होंने कहा कि इसके लिए राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को सुविधा सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा

भूकंप के इन झटकों से किसी भी तरह के जानमाल के नुक्सान का कोई समाचार नहीं है प्रेस स्वतंत्रता दिवस आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है यह पूरे विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता मीडिया की आजादी की रक्षा और कर्तव्य निभाते हए प्राणों की आहति देने वाले पत्रकारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम है लोकतंत्र के लिए मीडिया भ्रामक सूचनाओं के दौर में पत्रकारिता और चुनाव उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर मीडिया से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में रचनात्मक और निर्भीक भूमिका निभाने की अपील की है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है